केन्द्रीय मंत्री अमित शाह और प्रहलाद जोशी आज वृक्षारोपण अभियान के तहत रामगढ़ के बलकुदरा डंपिंग पर इको पार्क का ऑनलाइन शिलान्यास करेंगे राज्य सरकार मैट्रिक और इंटर परीक्षा में पहले तीन स्थान प्राप्त करने वाले टॉपरों को नकद राशि से पुरस्कृत करेगी

बढ़ते कोरोना संक्रमण के कारण रिकवरी रेट घटकर पैंतीलीस दशमल छह शून्य हो गई है झारखंड में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर सरकार ने लॉकडाउन के नियमों में सख्ती बढ़ा दी है अब बिना मास्क पहने बाहर निकलने और सोशल डिस्टेसिंग का पालन न करने पर एक लाख तक का जुर्माना और दो साल तक की जेल की सजा हो सकती है कल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में झारखंड संक्रामक रोग अध्यादेश दो हजार बीस को मंजूरी दी गई है सिमडेगा जिले में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है

जामताड़ा जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ रही है

इसके प्रसार को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग हाई अलर्ट पर है

हजारीबाग जिले में अट्टारह कोरोना संक्रमित मरीजों की पहचान की गई है

सभी कर्मियों के कोरोना संक्रमित होने की पुष्टि समाहरणालय में स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा रैपिड एंटीजन के टेस्ट के माध्यम से लिए गए स्वाब की जांच के बाद हुई

उन्होंने कहा कि इस साल भी देश में उर्वरकों की कोई कमी नहीं होगी

गृहमंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में वृक्षारोपण अभियान की श्रूआत करेंगे इस अवसर पर कोयला मंत्री प्रह्लाद जोशी भी उपस्थित रहेंगे इस कार्यक्रम के दौरान श्री शाह छह इको पार्क और पर्यटनस्थलों का उदघाटन और शिलान्यास करेंगे

वक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन कोयला मंत्रालय कर रहा है जिसमें कोयला और लिगनाइट उपक्रम शामिल हैं

रामगढ सीसीएल बड़का सयाल क्षेत्र के भूरक्ंडा कोयलरी स्थित बलकुदरा डंपिंग पर आज दोपहर इको पार्क का ऑनलाइन शिलान्यास किया जाएगा यह शिलान्यास देश के गृह मंत्री अमित शाह और कोयला मंत्री प्रल्हाद जोशी करेंगे सीसीएल का यह आयोजन वृक्षारोपण कार्यक्रम के तहत संपन्न होगा

ग्मला जिले में पेयजल स्वच्छता विभाग की समीक्षा बैठक में उपायुक्त सुशील कुमार सिन्हा ने स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय निर्माण की गति पर चिंता जतायी है

राज्य सरकार मैट्रिक और इंटर परीक्षा में पहले तीन स्थान प्राप्त करने वाले टॉपरों को पुस्कृत करेगी सरकार ने जैक बोर्ड सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड की मैट्रिक और इंटर की परीक्षा में राज्य स्तर पर प्रथम द्वितीय एवं तृतीय स्थान पर आनेवाले छात्र या छात्रा को प्रोत्साहन राशि देकर पुरस्कृत करने का निर्णय लिया है कैबिनेट द्वारा कल लिए गए फैसले के तहत मैट्रिक की परीक्षा में तीनों ही बोर्ड में अलग अलग पहले स्थान पर आने वाले छात्र को एक लाख दूसरा स्थान पाने वाले पचहत्तर हजार और तीसरा स्थान पानेवाले पचास हजार रूपए दिये जाएंगे इस तरह मैट्रिक की परीक्षा के कुल नौ छात्रों को राज्य स्तर पर पुरस्कृत किया जायेगा इसी तरह इंटर की परीक्षा में साइंस आर्ट्स और कॉमर्स के तीनों ही बोर्ड के तीन तीन छात्रों को प्रोत्साहन राशि दी जाएगी प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले को तीन लाख दूसरा स्थान प्राप्त करने वाले को दो लाख और तीसरा स्थान पर आनेवाले छात्र को एक लाख रूपये प्रोत्साहन राशि के रूप में दी जाएगी यह जानकारी विभागीय सचिव अजय कुमार सिंह ने दी

बिना मास्क निकले तो दो साल की जेल इस शीर्षक के साथ कैबिनेट के फैसलों की खबर को हिद्रस्तान ने पहले पन्ने पर प्रमुखता से जगह दी है

सोने पे सुहागा बाजार की चांदी शीर्षक के साथ दोनों के दाम में उछाल की खबर को दैनिक भास्कर ने पहली सुर्खी बनाया है पंद्रह अगस्त तक सभी किसानों को पीएम किसान योजना से जोड़ने को राज्य सरकार के निर्देश को रांची एक्सप्रेस ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है रांची में विधायक सीपी सिंह समेत एक सौ पच्चीस नए कोरोना संक्रमित मिलने की खबर को अंग्रेजी अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया ने पहले पन्ने पर प्रमुखता से छापा है